भारत पाकिस्तान सीमा पर कल पाकिस्तान का बर्बरता का शिकार हए बीएसएफ के जवान शहीदी नरेन्द्र सिंह हका आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार सोनीपत जिले के उनके पैतृक गांव धानाकलां में किया गया शहीद नरेन्द्र सिंह के बेटे मोहित ने उनके पार्थिव शरीर को मुखम्नि दी अंतिम संस्कार पर हरियाणा में कृष्ण बेदी जिला उपाय्क्त विनय सिंह तथा सामाजिक राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा आस पास के गांवों के हजारों ग्रामीण मौजूद थे जिन्होंने शहीद नरेन्द्र सिंह अंमर रहे के नारे लगाये बता दे कि कल जम्मू में रामगढ़ में जीरो बार्डर लाइन पर सरकंडे काट रहे बीएसएफ के जवानों पर पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ सैन्य चौकियों को निशाना बनाते हए की गई गोलाबारी में नरेन्द्र सिंह घायल हो गये थे बाद में पाकिस्तान सैनिकों ने घायल नरेन्द्र के बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर उनके शरीर को सीमा के पास फैंक दिया था

ये बढ़ोतरी वर्तमान वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही से यानि पहली अक्तूबर से लागू होगी

आकाशवाणी चंडीगढ़ से आज इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के जानवाणी कार्यक्रम का प्न प्रसारण श्रू हो गया है

प्रसारण की श्रूआत आज इग्नू और आकाशवाणी चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हई

जानवाणी का प्न प्रसारण श्रू होने से इग्नू से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा हरियाणा के गांवों को साफ एवं स्वच्छ बनाने के लिए एक राज्य स्तरीय अभियान चलाया जाएगा

उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत गांधी जयंती के दिन राज्य के दो लाख स्कूल के छात्रों सहित चार लाख व्यक्ति बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे म्ख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं महाग्राम स्वच्छता अभियान की प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे जो कल से श्रू की जाएगी

म्ख्यमंत्री ने निर्देश देते हए कहा कि ऐसे सभी गांवों व शहरों के नजदीक और आबादी के बाहर पश्ओं का गोबर और ठोस कचरे को इकद्वा करने तथा उसे गांव से बाहर ले जाने के सभी प्रयास किए जाएं ताकि गांवों में स्वच्छता बनी रहे म्ख्यमंत्री ने कहा कि इस स्वच्छता अभियान को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की निधि का प्रयोग किया जा सकता है और इसमें लोगों की भागीदारी भी स्निश्चित की जानी चाहिए

इन बसों के परमिट परिवहन विभाग के नाम होंगे और परिचालक भी परिवहन विभाग के रहेंगे केवल बस व चालक ही प्राइवेट हायर किये जायेंगे श्री पंवार आज अम्बाला शहर में जिला लोक सम्पर्क एवं शिकायत निवारण समिति की मासिक बैठक में जनता की शिकायतें सुनने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने परिवहन विभाग की सबसे अधिक मांगे पूरी की हैं

उन्होंने शिकायतों के निपटान में जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और कहा कि अम्बाला जिला इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है

इस पहचान पत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की प्री जानकारी शामिल की जाएगी ये ऐसा पहचान पत्र होगा जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा

ये खेल प्रतिस्पर्धाएं सभी वर्गो में होगी इस खेल आयोजन के लिए करीब पांच करोड़ रूपये का बजट मंजूर किया गया है जो आयोजन के अतिरिक्त प्रस्कार राशि व अन्य कार्यो पर खर्च होगा

हरियाणा सरकार ने इस मामले में उच्च अदालत से समय माँगा था जिसे उसने नहीं दिया उच्च न्यायालय ने कहा है कि हर हाल में राज्य सरकार आज ही बताएं कि मान्यता रद्द करनी है या नहीं इस मामले में सरकार आज शाम तक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है अम्बाला शहर में आयोजित किये जा रहे धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व लिये प्रसिदव वामन मेला का श्भारंभ कल उदयोग एवं वाणिज्य मंत्री विधायक विप्ल गोयल ने किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक असीम गोयल ने की उदयोग मंत्री ने कहा कि भगवना वामन ने राजा बलि का अहंकार खत्म करेन के लिए जन्म लिया था विप्ल ने कहा कि सभी धर्मो की परिभाषा मिलजुलकर स्नेह एवं भाईचारे के साथ रहना है और यही भगवान वामन का संदेश है